भारत ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय से पुरजोर अपील की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के पहले मन की बात कार्यक्रम में आज लोगों से अपने विचार करेंगे साझा

जापान के ओसाका में जी टवन्टी राष्ट्र विश्व की प्रमुख आर्थिक च्नौतियों से निपटने के लिए मिलकर प्रयास करने को सहमत हुए हैं इन देशों ने दुनिया में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है ये प्रौद्योगिकी संबंधी नवाचार विशेष तौर पर डिजिटाइजेशन की शक्ति का उपयोग करने और सबके फायदे के लिए एकजुट होकर इसका लाभ उठाने को भी सहमत हैं शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा यानी मार्गदर्शक सुरेश प्रभु ने कहा कि भारत ने ओसाका में भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने की पुरजोर अपील की उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रमुख रूप से उठाया उन्होंने कहा कि भारत यह महसूस करता है कि विश्व समुदाय को आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी हरकतें करने के बाद देश छोड़कर भागने वालों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत चौम्पियन रहा है और वैशविक स्तर पर भ्रष्टाचार रोधी प्रावधान की जरूरत है जिससे सभी जी ट्वेंटी देश थ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख सकें इसके अंतर्गत विदेशी रिखतखोरी से लड़ने के लिए जी ट्वेंटी देशों में ऐसा कानून बने जिससे लोग एक देश में आर्थिक अपराध कर दूसरे देश में भाग कर कानून की पकड़ से न बच सकें सुरेश प्रभू ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने जलवायु परिवर्तन स्वच्छ ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण कृषि और पर्यटन जैसे मुद्दे भी उठाये भारत ने शिखर सम्मेलन में विकास के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया सुरेश प्रमु ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जी ट्वन्टी देशों के साथ सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार से संघर्ष के मुद्दे को उठाया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने सम्मेलन में सक्रिय सार्थक और प्रगतिशील भूमिका निभाई तथा अनेक अहम मुद्दे उठाए शिखर सम्मेलन में आतंकवाद और अतिवाद को मदद देने वालों और उसके लिए धन मुहैया कराने में इंटरनेट के इस्तेमाल को रोकने का भी संकल्प लिया गया प्रधानमंत्री ने बीस द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लिया उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति षी चिनफिंग के साथ बैठक की प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया और ब्राजील के राष्ट्रपतियों के साथ मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ करने तथा व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो के साथ बातचीत के दौरान दोनों देशों ने दो हजार पच्चीस तक ट्विपक्षीय व्यापार का पचास अरब डॉलर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयिप इरदोगान से भी मुलाकात की और व्यापार तथा निवेश रक्षा और आतंकवाद से निपटने जैसे मुद्दों पर चर्चा की ओसाका की तीन दिन की यात्रा पूरी करके प्रधानमंत्री कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए

सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को कहार कश्यप केवट मल्लाह निषाद क्म्हार प्रजापति धीवर बिंद भर राजभर धीमर बाथम त्रहा गोड़िया माझी और मछुआ समेत पिछड़े वर्ग की सत्रह जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका पर दिये गये आदेश के बाद यह फैंसला किया है सरकार के प्रवक्ता के अनुसार यह प्रक्रिया उच्च न्यायालय के इस मामले में अन्तिम आदेश के अधीन होगी ये जातियां लम्बे समय से उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग कर रही थीं राज्य की पिछली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने अन्य पिछड़ा वर्ग की इन सत्रह जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल कराने के प्रयास किए थे जो सफल नहीं हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद से प्रदेश के विभिन्न मण्डलों में कानून व्यवस्था और विकास कार्यो की समीक्षा बैठक कर रहे हैं इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कल सहारनपुर मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों की कानून व्यवस्था और विकास कार्यो की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की समीक्षा बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया उन्होंने मरीजों से जिला अस्पताल से मिल रही सुविधाओं के बारे में बातचीत की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत आज सुबह ग्यारह बजे देश और विदेश में बसे भारतीयों से अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात का यह पहला संस्करण होगा इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा हिन्दी के प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे प्नः प्रसारित किया जाएगा एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह और देशवासी एक बार फिर रेडियो के माध्यम से एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मकता और उत्साह साझा करेंगे श्री मोदी ने विश्वास जाहिर किया है कि मन की बात के लिए लोगों के पास कहने को बहुत कुछ है प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विचारों के व्यापक आदान प्रदान की आशा है केन्द्र सरकार अगले वर्ष जून के अंत तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करेगी कल नई दिल्ली में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को इस योजना को लागू करने के लिए तैयार रहने को कहा है उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ऐसे राशन कार्ड धारकों को भी लाभान्वित करना है जो एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं

किसानों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे इसके लिए प्रदेश में आगामी जुलाई माह में अभियान चलाया जायेगा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि यह अभियान बैंको कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जायेगा श्री शाही ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान वर्ष दो हजार बाईस तक अपनी आय दोग्नी करके राष्ट्रीय अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकेंगें उन्होंने बैंको को इस अभियान में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लघ् और सीमात किसानों की संख्या दो करोड़ से अधिक है उन्होंने कहा कि इन किसानों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए सरकार कटिबद्व है पर्यावरण और वन मंत्रालय शैक्षिक संस्थाओं के परिसरों को हरा भरा और स्वच्छ बनाए रखने के काम में विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए स्मार्ट कैम्पस कार्यक्रम पर काम कर रहा है जयपुर में एक कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस कार्यक्रम में पानी की बचत के लिए रिसाइकल पानी का इस्तेमाल किया जाएगा उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को पर्यावरण और जल संरक्षण के बारे में जागरूक बनाने में मदद मिलेगी

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के तहत दो हजार सोलह सत्रह से अब तक छह लाख उत्तीस हजार से ज्यादा हथकरघा ब्नकरों का पंजीकरण किया गया है इनमें से लगभग छह हजार आठ सौ ब्नकरों को स्वाभाविक मृत्य द्र्घटनाजन्य मृत्य पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता के मामलों में बीमा लाभ प्रदान किए गए हैं वस्त्र मंत्रालय के अनुसार केन्द्र सरकार बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए हथकरघे की खरीद पर नबे प्रतिशत सक्सिडी देती है कपास घरेलू रेशम और ऊन पर दस प्रतिशत की सक्सिडी दी जाती है बुनकरों को तीन वर्ष के लिए छह प्रतिशत की ब्याज पर मुद्रा लोन भी दिया जाता है प्रद्रेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल कानप्र में एक सौ आठ नम्बर सेवा की पन्द्रह अतिरिक्त एम्बुलेन्स को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के सात लाभार्थियों को कार्ड वितरित किये इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आयुष्मान जन आरोग्य योजना को स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना बताते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग छः करोड़ लोगों को इस सुक्विा का लाभ देने के लिए चयनित किया गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों को हर सम्भव स्वास्थ्य स्विधायें उपलब्ध कराने का निरन्तर प्रयास कर रही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यूनीसेफ कल एक जुलाई से इकत्तीस जुलाई तक प्रदेश में लखनऊ हरदोई बाराबंकी रायबरेली सहित बारह जिलों में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलायेगा यूनीसेफ के क्षेत्रीय समन्वयक सतीश कुमार ने कल बताया कि इस अभियान के तहत मातृ शिशु मृत्यू दर में अंकुश लगाने और बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है अभियान के दौरान आशा बहुए ऑगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य कार्यकत्रियों को डोर ट् डोर जाकर पन्द्रह वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए लगाया जायेगा